राज्य चूनाव आय्क्त हागे कोजीन ने आज दोपहर मे पत्रकारो से बात करते हुए जानकारी दी कि राज्यभर में मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा उन्होंने कहा कि लगभग छियासी प्रतिशत के साथ लोंगडिंग जिला में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज की गई और सबसे कम पासीघाट नगर पालिका से बावन दशमलव दो पांच प्रतिशत दर्ज किया गया श्री कोजीन ने कहा कि कृछ द्रदराज के मतदान केंद्रों से रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है राज्य च्नाव आय्क्त ने यह भी बताया कि आठ मतदान केंद्रो में कल फिर से मतदान किया जाएगा जहाँ मतदान के दिन मतपत्र छीनने की घटनाओ और अन्य कारणों से च्नाव प्रक्रिया पूरी नही हो सकी यह आठ मतदान केंद्र है लोंगडिंग जिला के छह पोंगचाव जेड पी सी के अंदर छत्तीस खोनसा बॉयज मोरोंग मतदान केंद्र कामले जिला का तीन कामपोरिजो जेड पी सी के अंदर पंद्रह जी पी योरक्म और सौलह जी पी यूकर और पांच अन्य है अपर स्बनसिरी जिले के इकतीस राजकीय एम ई स्क्ल बोगिय सिय्म मतदान केंद्र बत्तीस राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावा पैंतीस राजकीय प्राथमिक विद्यालय केचे मतदान केंद्र इक्यावन अस्थायी शेड दुम्बा मतदान केंद्र और एक सौ अट्ठावन अस्थायी शेड न्य्म्प् मतदान केंद्र दो सौ बयालीस में से एक सौ इकतालीस जिला परिषद और आठ हजार दो सौ पंद्रह में से एक हजार सात सौ दो ग्राम पंचायत सीटों के लिए और दो नगर निकायो ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर परिषद के तहत अट्ठाइस में से तेईस वार्डो के लिए मतदान हआ जिला परिषदो के लिए निन्नावे और ग्राम पंचायत सीटों के लिए छह हजार चार सौ एक सहित क्ल छह हजार पांच सौ उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए ईटानगर नगर परिषद के पांच पार्षद निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए एक सौ दस ग्राम पंचायत सीटो के लिए च्नाव विभिन्न कारणों से नही हुआ था वर्तमान चरण की च्नावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम निर्णय लेगा आयोग ने अंजाव जिले में चार हवाई नोर्थ जेड पी सीट के लिए च्नाव की अधिसूचना जारी कर दी है और अगले महीने ग्यारह जनवरी को मतदान होगा चांगलांग जिले की चालीस जी पी एम सीटों के साथ विजयनगर जेड पी निर्वाचन क्षेत्र के च्नावों को विभिन्न कारणो से आयोग दवारा रोक दिया गया था

बैठक मे राज्यपाल ने राज्य को विशाल आर्थिक क्षमता के दोहान के लिए वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की सलाह दी उन्होंने राज्य की पर्यटन क्षमता एवं सांस्कृतिक और पारम्परिक प्रथाओ से ज्ड़ी फिल्मों को प्रोत्याहित करने का भी स्झाव दिया बैठक में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने युवाओ के बीच नशे की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या को दूर करने के लिए कड़ा कदम उठाने को कहा

सभी नए मामलो मे से वेस्ट कामेंग से दो जबकि ईटानगर राजधानी क्षेत्र तवांग और नामसाई से एक एक मामला सामने आया है

राज्य में सक्रीय मामला अब दो सौ बाईस रह गई है जबकि छप्पन लोगो की मौत हो च्की है

देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ गया है इससे रोग की गंभीरता और मृत्य् दर प्रभावित नहीं हई है

उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्यापकों से वर्च्अल माध्यम से संवाद करते हए श्री पोखरियाल ने यह बात कही